अपने भाषण में महात्मा गांधी ने कहा था कि कर्म ही प्रजा है

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने उत्तराखण्डवासियों को बधाई देते हए कहा कि मां गंगा हमारे सांस्कृतिक वैभव और आस्था से तो ज्ड़ी ही है साथ ही लगभग आधी आबादी को आर्थिक रूप से समुद्ध भी करती है उन्होंने कहा कि नमामि गंगे मिशन नई सोच और नई एप्रोच के साथ श्रू किया गया

प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में लगभग सभी नालों को टैप कर दिया गया है इनमें चंद्रेश्वर नाला भी शामिल है

उन्होंने कहा कि अगले वर्ष हरिदवार कृम्भ मेले में श्रद्वाल् गंगा की निर्मलता का अन्भव लेंगे सैकड़ों घाटों का सौंदर्यीकरण किया गया है साथ ही रिवर फ्रंट भी बनकर तैयार है गंगा म्यूजियम से हरिद्वार आने वाले लोग गंगा से ज्ड़ी विरासत को समझ पाएंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि गंगा के निकटवर्ती प्रे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर फोकस किया जा रहा है इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन ने गांवों में पानी की समस्या से मुक्त करने का अवसर दिया है

इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि अगले वर्ष हरिदवार में कुम्भ मेले के समय गंगा जल आचमन योग्य होगा उन्होंने कहा कि रिसाइकिल पानी को रियूज करने का भी प्रयास किया जा रहा है गंगा की सहायक नदियों पर भी प्रभावी काम हो रहा है इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने रोविंग डाउन द गंगा और जल जीवन मिशन के तहत ग्राम पंचायतों के लिए बनाई गई मार्गदर्शिका का भी विमोचन किया कार्यक्रम में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की

उत्तराखंड में नमामि गंगे मिशन के तहत छह बड़ी परियोजनाओं का श्भांरभ करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष नहीं चाहता कि किसान इस देश में आजाद हों किसानों को न्य्नतम समर्थन मुल्य की गारंटी और कृषि उपज की सरकारी खरीद जारी रखने का भरोसा दिलाते हए श्री मोदी ने कहा कि विपक्ष को लोगों के बीच झूठ फैलाने की आदत छोड़ देनी चाहिए प्रधानमंत्री ने दोहराया कि बिचौलियों के खत्म होने के कारण काले धन की कमाई बंद होने की आशंका विपक्षी दलों को परेशान कर रही है उन्होंने कहा कि तीन नए कृषि कानुनों का उद्देश्य किसानों को देश में कहीं भी अपनी उपज बेचने की आजादी देना है

उत्तराखंड अनलॉक प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी करते हुए उत्तराखंड से दूसरे राज्यों के लिए बस सेवा कल से शुरू करने की अनुमति दे दी है यात्रियों से राज्य परिवहन प्राधिकरण की निर्धारित दरों के हिसाब से ही किराया लिया जाएगा एक राज्य से दुसरे राज्य में यात्रा करने से पहले चालक परिचालक और यात्री को देहरादून स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा बसों और विक्रमों के लिए भी गाइडलाइंस जारी की गई है अब विक्रम वाले सीट की क्षमता के अनुसार सवारी बैठा सकते हैं लेकिन मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा ग्रोथ सेंटर रुद्रप्रयाग के भटवाड़ीसैंड में केदारनाथ सोवेनियर और हस्तकला ग्रोथ सेंटर का उदघाटन किया गया इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी भरत चंद्र भट्ट ने कहा कि स्थानीय संसाधनों के अन्रूप और यात्रा के मद्देनजर ग्रोथ सेंटर बनाया गया है जो अब ग्रामीण विकास का केंद्र बनेंगे ग्रोथ सेंटर का उद्देश्य है कि स्थानीय उत्पादों की बिक्री उनके घर के पास ही हो उन्होंने बताया कि ग्रोथ सेंटर के संचालन के लिए परकंडी ग्राम की जागरूक स्वयं सहायता समूह का चयन किया गया है इस समूह की महिलाओं दवारा ग्रोथ सेंटर में ही केदारनाथ सोवेनियर का उत्पाद तैयार कर बेचा जाएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अल्मोड़ा में आज से तीन महीने का राशन वितरण मिलना शुरू हो गया है इस योजना की घोषणा होने के बाद ही सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने राज्य सरकार से मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर राशन वितरण नहीं करने का निर्णय लिया था जिला खादय पूर्ति विभाग के उपनिरीक्षक गोविंद प्रसाद ने बताया कि भ्गतान होने के बाद सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने राशन वितरण करना शुरू कर दिया है बैठक यूएस नगर कल से शुरू हो रही बस सेवा को लेकर उधमसिंह नगर की जिलाधिकारी रंजना राजग्रू ने सार्वजनिक परिवहन के संचालन संबंधी मानक प्रचालन कार्यविधि यानि एसओपी के निर्धारण के सम्बन्ध में क्षेत्रीय प्रबन्धक परिवहन निगम के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिये जिलाधिकारी ने कहा कि संचालन से पहले बसों को अच्छी तरह से सैनेटाइज किया जाए